लाहौल स्पीति जिले से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार रोहतांग में अढ़ाई फूट कोकसर में डेढ़ फूट केलंग में एक फूट से ज्यादा ताजा हिमपात हो चुका है जिले में बिजली पानी व यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं किन्नौर में बीते दो दिन से ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी है अंदरूनी क्षेत्रों में हिमपात से परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं लोगों की सुविधा के लिए रिकांग पिओ से शिमला की ओर जाने वाली बसों को वाया बसंतपुर चलाया जा रहा है चम्बा जिले में भी आज बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है ज़िला के जनजातीय क्षेत्र पांगी मुख्यालय स्थित किलाड़ में अढ़ाई फूट तक हिमपात हो चुका है जबकि पर्यटन नगरी खजियार डलहौजी सहित जोत में एक फुट से ज्यादा हिमपात हो चुका है

हमारे ज़िला संवाददाता के अनुसार मनाली रोहतांग मार्ग पर पलचान से आगे वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है दूसरी ओर राजधानी शिमला सहित पर्यटक स्थल कुफरी नारकण्डा मशोबरा में भी आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है शिमला घूमने आए सैलानियों ने नए साल में हुए पहले हिमपात का भरपूर लुत्फ उठाया जनमंच नए साल में प्रदेश सरकार का पहला जनमंच कार्यक्रम आज विभिन्न जिलों में आयोजित हुआ इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जन शिकायतों के निवारण के लिए जनमंच वरदान साबित हुआ है

इधर ऊना के जोल में हुए जनमंच कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने लोगों की समस्याएं सुनीं सोलन के पट्टा महलोग में जनमंच की अध्यक्षता कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने की बिलासपुर के नैनादेवी में कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने की शहरी आवास मंत्री संरवीण चौधरी ने चम्बा जिले के साडल में लोगों की समस्याएं सुनीं कांगड़ा ज़िले के भड़वार में आयोजित जनमंच में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र मौजूद रहे

इस अवसर पर राष्ट्रपति सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों केन्द्रीय मंत्रियों वरिष्ठ नेताओं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित प्रदेश मंत्रिमण्उल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं दूसरी ओर प्रदेशभर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के जेन्मदिन पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया मैराथन प्रदेश सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड शिमला द्वारा आज एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया मैराथन के माध्यम से नशा मुक्त हो प्रदेश व बेटी पढ़े खेले और आगे बढ़े का संदेश दिया गया मैराथन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विजेताओं को पुरस्कृत किया उन्होंने इसके लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से समाज को जागरूक किया जा सकता है

इस अग्निकाण्ड में करोड़ों की क्षति का अनुमान लगाया गया है हालांकि किसी जानमाल के नुकसान का समाचार नहीं है उपाय्क्त यूनुस ने बताया कि प्रभावित दुकानदारों को फौरी राहत प्रदान कर दी गई है इस घटना पर आनी के विधायक किशोरी लाल सागर ने गहरा दुख व्यक्त किया है

हिमाचल प्रमोटर ऑफ कल्चर हैरिटेज के अध्यक्ष नरेश कौंडल ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं की रूचि को खेलों के प्रति बढ़ाना है ताकि उन्हें नशे से दूर रखा जा सके दुर्घटना चम्बा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्गठी में आज दोपहर पथ परिवहन निगम की बस पर चट्टानें गिरने से बस को काफी क्षति पहुंची है